केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई उपायों की घोषणा की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिए जायेंगे सत्तर हजार करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनावों का शानदार जनादेश सिर्फ एक सरकार के गठन के लिए नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए है जिसमें सरल जीवनयापन को सुनिश्चित करते हुए व्यापार को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है कल पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा आज नए भारत में भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद परिवारवाद जनता के पैसे की लूट आतंकवाद जिस तरह लगाम कसी जा रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किये जाने के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब अस्थायी व्यवस्था के लिए कोई ग्ंजाइश नहीं है तीन तलाक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा ट्रिपल तलाक एक अमानवीय क्रृति नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे हमने इसे खत्म कर दिया मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिन्द्स्तान कैसे स्वीकार कर सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार तीस तक हांसिल किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के ज्यादातर लक्ष्यों को भारत अगले डेढ वर्ष में ही हांसिल कर लेगा केन्द्र सरकार ने कल उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपायों की घोषणा की इनके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस ले लिया है और बजट से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई है घरेलू निवेशकों पर लगने वाला सरचार्ज भी वापस ले लिया गया है कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि पूंजी बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हाल के बजट में शेयरों और यूनिटों के अंतरण से होने वाले अल्पावधि और दीर्घावधि पूंजी लाम पर बढ़ाए गए सरचार्ज को वापस लेने का फैसला किया है करों से संबंधित सभी आदेश और नोटिस अब केंद्रीक त और कम्यूटरीकृत प्रणाली के जरिये भेजे जाएंगे ताकि करदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कपनी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जगह जुर्माना लेकर चौदह हजार मामले वापस लेने का फैसला किया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सत्तर हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है और पांच लाख करोड़ रुपये कर्ज तथा नकदी बनाए रखने के लिए दिए गए हैं

इसकी घोषणा बजट में की गई थी और हम इसे कर रहे हैं इससे कपनियों सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यमों छोटे व्यापारियों और खुदरा उधार लेने वालों को फायदा होगा वित्त मंत्री ने आवास वित्त कंपनियों के लिए भी बीस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के लिए आंशिक ऋण योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है सूक्म लघ् और माध्यम उद्योगों के सभी बकाया जीएसटी रिफंड का भुगतान तीस दिन के अंदर करने की घोषणा की गई है भविष्य में सभी जीएसटी रिफंड आवेदन के साढ दिनों के भीतर निपटा दिए जाएंगे सुक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के जीएसटी रिफंड से संबंधित शिकायतें बार बार आ रही थी कि उनका रिफंड रूका हुआ है

वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने को अब दीवानी मामला माना जाएगा फौजदारी मामला नहीं सरकार ने ऑटो क्षेत्र में मांग बढ़ाने और आवास ऋण सस्ते करने के लिए भी कदम उठाए हैं वित्तमंत्री ने बताया कि अत्यधिक अमीर लोगों पर लगे सरचार्ज वापस लिए जाएंगे सरकार ने स्टार्टअप और उनमें निवेश करने वालों के लिए एंजेल टैक्स के प्रावधानों को हटाने का भी फैसला किया है वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च दो हजार बीस के अंत तक खरीदे गए बीएस फोर मानक वाले वाहन इनके पंजीकरण की पूरी अवधि तक चलाए जा सकेंगे वित्त मंत्री ने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की अपेक्षाकृत बेहतर विकास दर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी विकास दर अमरीका और चीन से भी अधिक है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ स्थित मध्य कमान के मुख्यालय और ग्यारह गोरखा राईफल्स रेजिमेन्टल सेन्टर का दौरा किया श्री सिंह ने युद्ध स्मारक स्मृतिका में माल्यार्पण समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया बाद में श्री सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल अमय कृष्णा से परिचालन और प्रशासनिक विषयों पर जानकारी हासिल की रक्षा मंत्री ने ग्यारह गोखा राईफल्स रेजिमेन्टल सेन्टर में प्रशिक्षण सुविधाओं का जायजा लेने के साथ मार्शल आर्ट रॉक क्लाइम्बिंग और पैरा ग्लाइडिंग सहित कई प्रशिक्षण गतिविधियों का प्रदर्शन देखा रक्षा मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के तीन दिवसीय प्रवास के दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास कार्यो को समयबद्द तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है श्री योगी ने वाराणसी में विकास कार्यो और कानून व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिये कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई जाये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वाराणसी में पूरी दुनिया से लोग बड़ी संख्या में आते हैं और पिछले चार पांच वर्षो के दौरान यहां विकास के अनेक काम किये गये हैं समीक्षा के दौरान श्री योगी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुसहरों को मकान देने के साथ साथ सड़क सुरक्षा बालिका सुरक्षा जागरूकता यातायात जागरूकता और मादक द्रव्य विरोधी अभियान चलाने का निर्देश भी दिया वाराणसी के दौरे में मुख्यमंत्री ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरीडोर के कार्यो का निरीक्षण भी किया केन्द्र ने दालों और खाद्य तेल की उचित कीमत पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाये हैं केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ दिनों से दलहन और खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी पर निगाह रखें हुए हैं उन्होंने बताया कि नाफेड के जरिए खरीदे गए दलहन और तिलहन के भंडारों को तत्काल बाजार में उपलब्ध कराने के लिए कृषि मंत्रालय से कहा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल रविवार सवेरे ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर उपलब्ध रहेगा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल प्रदेश भर में आस्था के साथ धूमधाम से मनाया गया रात्रिव्यापिनी अष्टमी तिथि होने के कारण लोगों ने कल आधी रात को भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली म्थ्रा में जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है वहां पर पर्व का विशेष उत्साह है मथ्रा के विश्व प्रसिद्द ठाक्र बांके बिहारी जी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण उत्सव आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेंगे मंदिर को दिव्य और भव्य रूप देने के लिये फूलों से सजाया गया है श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्वालु मथुरा पहुंच गये हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई स्थानों पर लोगों ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और जीवन से जुड़ी झांकिया सजाईं लोगों ने अपने घरो में भी ऐसी झांकिया सजा कर पर्व मनाया इन सभी स्थानों पर अर्धरात्रि को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर लोगों ने भजन कीर्तन किया केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण से निपटने के लिये पोषण अभियान में चौवालीस करोड़ लोगों शामिल करने का लक्ष्य रखा है महिला और बाल विकास मंत्री स्थृति ईरानी ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि यह पोषण अभियान अगले माह एक महीने तक के लिये शुरू किया जायेगा